लखनऊ में आज लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि वापसी के दौरान श्रमिकों को कोई असुविधा न हो मुख्यमंत्री ने प्रदेश लौटने वाले सभी कामगारों के स्वास्थ्य की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जांच के बाद श्रमिकों को खाद्यान्न और भरण पोषण भत्ता देकर उनके घरों तक भेजा जाए प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और मौजूदा तथा नई औद्योगिक इकाइयों की सहायता करने के लिए अनेक श्रमिक कानन तीन वर्ष के लिए स्थगित कर दिये हैं राज्य सरकार ने जापानी कंपनियों से निवेश हासिल करने के लिए जापानी हेल्प डेस्क स्थापित करने और उन्हें उत्तर प्रदेश में व्यापार श्रू करने में मदद करने का भी फैसला किया है श्रम नियमों में छूट देने के बाद बाद प्रदेश के सूक्म लघु और मध्यम उद्योग तथा निर्यात मामलों के मंत्री सिद्वार्थ नाथ सिंह ने कल भारत में जापान के राजदूत सतोशी सज़की के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और कहा कि उत्तर प्रदेश में नए उद्योगो की स्थापना के लिए पर्याप्त संख्या में भूमि और क्राल श्रमिक मौजूद हैं उन्होंने कहा कि जापान के उद्यमियों की मदद के लिए प्रदेश में जापान हेत्यडेस्क की स्थापना की जाएगी श्री सज़को ने इलेक्ट्रॉनिक्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पार्क मेडिकल उपकरण और ऑटोमोबिल के क्षेत्र में विशेष रुचि जाहिर की और कहा कि जापान की सरकार ने चीन से अपना व्यवसाय द्सरी जगह स्थापित करने की इच्छ्क कंपनियों की मदद के लिए दो बिलियन डॉलर से अधिक की राशि की मदद देने का फैसला किया है देश भर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन संक्रमण के तीन हजार तीन सौ नब्बे मामलों की पृष्टि होने से अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या छप्पन हजार तीन सौ बयालिस हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक सोलह हजार पांच सौ चालीस रोगी ठीक हुए हैं और ठीक होने वालों की दर उन्तीस दशमलव तीन पांच प्रतिशत हो गई है कल एक सौ तीस लोगों की मौत होने के साथ ही देश में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढकर एक हजार आठ सौ छियासी हो गई है वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सिंगापुर से दो सौ चौंतीस भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की पहली उड़ान दिल्ली पहुंच गई है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक टवीट में स्वदेश पहंचे भारतीय नागरिकों का स्वागत किया उन्होंने एयर इंडिया नागर विमानन मंत्रालय आव्रजन ब्यूरो तथा दिल्ली सरकार के सहयोग और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापर में भारतीय उच्चायुक्त जावेद अशरफ के नेतत्व में उच्चायोग की टीम के प्रयासों की सराहना की दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां प्रदेश में पहच रही हैं गूजरात के वडोदरा से एक हजार दो सौ सत्तावन श्रमिकों को लेकर एक रेलगाड़ी आज जौनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची समी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की गयी और विशेष बसों द्वारा उनके गृह जनपद भेज दिया गया उधर पंजाब के जालंघर से एक हजार एक सौ अट्ठासी श्रमिकों को लेकर एक विशेष ट्रेन आज अयोध्या पहुंची इस रेलगाड़ी से अयोध्या अमेठी सुल्तानपूर अंबेडकरनगर बस्ती संतकबीरनगर गोष्डा और बहराइच के श्रमिक आए हैं सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गयी और परिवहन निगम की बसों से उनके गंतव्य भेज दिया गया

यह तीन महीने के लिए आवंटित क्ल अनाज का लगभग अट्ठावन प्रतिशत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज तड़के हुई रेल दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दिवंगत श्रमिकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है ट्वीट संदेश में उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की महाराष्ट्र में आज हुए रेल हादसे में सोलह श्रमिकों की मौत हो गयी और पांच अन्य घायल हो गये मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों से एक बार फिर आग्रह किया है कि वे धैर्य रखें और पैदल यात्रा न करें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी श्रमिकों को सुरक्षित राज्य में वापस लाने के लिए संकल्पित है इसके लिए विशेष रेलगाड़ियों और बसों का प्रबंध किया जा रहा है केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि उसके कर्मचारियों को सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक काम करना होगा पत्र सुचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है